प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है

पिछले छह वर्षों के दौरान नरेन्द्र मोदी सरकार ने जन सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया है

झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन ने आठ विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी जबकि कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्या पर भी विषेष चर्चा हई वहीं सत्र के अंतिम दिन भी प्रश्नोत्तर कॉल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही सदन ने अंतिम दिन आठ महत्वपूर्ण राजकीय विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी सत्र के अंतिम कोरोना महामारी संकट से उत्पन्न स्थिति पर एक घंटे की विषेष चर्चा हई चर्चा की शुरुआत करते हुए विधायक प्रदीप यादव ने महामारी के षिकार आश्रितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की इस चर्चा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम भाजपा के सीपी सिंह कांग्रेस के राजेष कच्छप आजसू पार्टी के लंबोदर महतो और विधायक बंध् तिर्की ने भी हिस्सा लिया विषेष वाद विवाद पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में जनकल्याण के लिए काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को वे शहीद का दर्जा देते है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर अच्छी है और मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है

राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है इस विधेयक में केन्द्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है

सदन में चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे राव साहिब दादाराव ने इस विधेयक को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज बेचने की आजादी मिलेगी चर्चा में भाग लेते हए बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कहा कि इस विधेयक में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनर्से पूरी व्यवस्था को ज्यादा स्थिर रूप दिया जा सकेगा

झारखंड में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है

इस समय सक्रिय मामलों की संख्या तेरह हजार पांच सौ चार है

इस क्रम में आज जिला प्रशासन द्वारा रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से विशेष कोरोना जांच शिविर का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में किया गया है रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जांच होने पर लोगों को उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध कराई गई जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले तीन दिनों से इस तरह से पच्चीस स्थानों पर जांच षिविर का आयोजन किया जा रहा है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

अदालत ने इस मामले में विकास तिवारी और संतोष पांडे को सश्रम आजीवन कारावास मृत्यु तक तथा चालीस चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है इसी हत्याकांड के अन्य अभियुक्तों विशाल कुमार सिंह राहुल देव पांडे और दिलीप साव को भी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी और और तीस तीस हजार का जुर्माना लगाया गया है

राज्य सरकार के निर्देश पर गढ़वा जिले में साठ हजार से अधिक अनाच्छादित योग्य लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जायेगा

इसके पश्चात आवेदनों की जाँच में मानक के अनुरूप पाये गये लाभुकों को इस योजना के लाभ से जोड़ा जायेगा

बीएयू के नवनियुक्त कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले मजदूरों को पैसे की जरुरत ज्यादा होती है इसलिए उनके भूगतान को प्राथमिकता दी जाएगी

अब संक्षिप्त खबरें लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है रांची के सुखदेव नगर में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी